प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तीन डी डेमोक्रेसी डेमोग्राफी और दिमाग भारत की विशिष्ट पहचान है उन्होंने लोकतंत्र जनसांख्यिकी और बौद्धिक क्षमता को देश की सशक्त पूंजी बताया उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना है

श्री मोदी ने कारोबार आसान बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी श्रम सुधार और भारतीय युवाओं की उद्यमिता जोखिम क्षमता बढाने जैसे सरकार के उपायों की चर्चा भी की

इस फोरम का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि उद्यमिता रोजगार सूजन और नवाचार क्षेत्रों में भारत और अमरीका के बीच कार्यनीतिक साझेदारी मजबूत करना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी गुरूवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है अपने एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग नमो एप का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल और सुझाव साझा कर सकते हैं इस कार्यकम का नाम दीपोत्सव कार्यकर्ता संवाद मोदी जी के साथ रखा गया है नोबेल प्रस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी ने आज नई दिल्ली मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही

प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव सशक्तिकरण के प्रति उनका उत्साह स्पष्ट है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अयोध्या के दीपोत्सव मेले को राज्य मेले का दर्जा देने फिल्म सांड़ की ऑख को टैक्स फी करने सहित तेरह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बाद संयुक्त रूप से मीडिया को सम्बोधित करते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या के दीपोत्सव मेले के प्रांतीयकरण किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है राज्य मेले का दर्जा मिलने के बाद इसका प्रबंधन और खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अब यहां श्रद्धालुओं को और अधिक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी इससे पहले विंध्यांचल शक्ति पीठ मेला देवी पाटन शक्ति पीठ सहित कई आयोजनों को राज्य मेले का दर्जा मिल चुका है मंत्रिपरिषद ने साड़ की ऑख फिल्म को दर्शकों के प्रवेश हेतु राज्य जीएसटी की समतुल्य धनराशि के प्रतिपूर्ति किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन के प्रख्यापन मत्स्य पालकों के कल्याण कोष की स्थापना प्राविधिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों का सातवें वेतन आयोग की संस्तुति जनपद रायबरेली में सीवरेज योजना फेज थ्री सहित अन्य प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या दीपावली के अवसर पर जहां साढ़े पांच लाख से अधिक दीपों से जगमगायेगी वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी का तीन सौ तिहत्तर करोड़ रूपये से अधिक की सौगात देंगे आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लगातार तीसरे साल भव्य दीपोत्सव के साथ अयोध्या में पूरी हो चुकीं पन्द्रह बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जायेगा इन परियोजनाओं में राम की पैड़ी में अविरल जल प्रवाह गुप्तार घाट पर नवनिर्माण भजन संध्या स्थल मेडिकल कॉलेज का निर्माण अयोध्या में भव्य प्रवेश और निकासी द्वार का निर्माण शामिल हैं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

बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आयाग के अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किये जा रहे विकास कार्यो से आयोग पूरी तरह से संतुष्ट है आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना आवश्यक है आयोग ने राज्य के विकास के लिये सभी मुद्दों का सकारात्मक हल निकालने का आश्वासन दिया पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान प्रदेश के पंचायती राज विभाग के निदेशक डाक्टर ब्रहमदेव राम तिवारी ने बैठक में बताया कि राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि संस्थाओं को अंतरित कर उसका पारदर्शिता के साथ व्यय सुनिश्चित कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करा कर खुले में शौचमुक्त ओडीएफ घोषित कर दिया गया है

विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव में राज्य के क्षेत्रफल और जनसंख्या को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार पर बले देते हुए राज्य के लिए अधिक धन आवंटन की आवश्यकता बतायी वित्त आयोग की टीम ने प्रदेश के अपने चार दिवसीय दौरे के पहले चरण में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया और शहर में चल रहे तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी लेने के साथ ही मौके पर जाकर हालात का जायजा भी लिया आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि केन्द्र सरकार को भेजी जाने वाली संस्तुतियों में इसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी उच्चतम न्यायालय ने आज सोशल मीडिया के नियमन से संबंधित सभी मामलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों से अपने यहां स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा इन मामलों को शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश दिया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्म दिन पर हार्दिक शुभ कामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने दूरभाष पर गृहमंत्री श्री शाह को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ सुदीर्घ आर सकिय जीवन की मंगल कामना की है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा न दे उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर और कमजोर करने के प्रयासों का सेना ने करारा जवाब दिया है पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास श्योक नदी पर कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु के उद्घाटन के बाद कल उन्होंने यह बात कही इस पुल के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दौलत बेग ओल्डी तक सेना तेजी से पहुंच सकेगी रक्षा मंत्री ने कहा कि सियाचिन बेस कैम्प को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है कुशीनगर जिले में स्वतंत्रता सेनानी बुन्देला राय का फाजिलनगर क्षेत्र में उनके पैतृक गांव लोहरवलिया में आज निधन हो गया वह लगभग एक सौ दो वर्ष के थे श्री राय ने भारत छोड़ो आन्दोलन में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था आन्दोलन के दौरान उन्हें एक वर्ष की जेल की सजा हुई थी श्री राय का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया हाथरस जनपद में फसलों के अवशेष पराली जलाये जाने के मामलों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया है कि जनपद की सभी चार तहसीलों में पराली जलाने की चेकिंग के लिए टीमें गठित की गयी हैं और पराली जलाने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर डेढ़ हजार रूपये जूर्माने का प्रावधान है गौरतलब है कि हवा में घुलते प्रदूषण के चलते फसलों की पराली जलाने पर रोक है इससे प्रद्षण के साथ जमीन की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचता है

इन उपकरणों को भारतीय उद्योगों द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाएगा